चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघू शर्मा ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अस्पतालों में मरीजों के लिए बैड सम्बन्धी शिकायतों के समाधान के लिए जयपुर में हेल्प डेस्क काम करेगा

इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दवीट कर कोरोना संक्रमित विघायक दानिश अबरार कैलाश त्रिवेदी और अभिनेश महर्षि के शीघ स्वस्थ होने की कामना की है इघर जयपुर में पुलिस मुख्यालय में एक साथ स्टाफ कई लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि के बाद आज दोपहर से मुख्यालय को बंद कर दिया गया है परिसर में आने वाले दो दिनों में सेनेटाइजेशन का काम किया जाएगा और सोमवार को मुख्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का टेस्ट करवाया जाएगा उधर प्रतापगढ़ में गोपालगंज सदर बाजार सहित कई इलाकों के कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है इन क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है

इन राज्यों में राजस्थान भी शामिल है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ राज्य विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के जरिये ऑक्सीजन की निशुल्क आवाजाही पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं वे राज्य के विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से राज्य के अस्पतालों तक ही ऑक्सीजन आपूर्ति सीमित रखने को कह रहे हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस संबंध में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है

यह हर राज्य की जिम्मेदारी है कि अस्पताल में भर्ती प्रत्येक कोविड मरीज को ऑक्सीजन उपलब्ध हो

इसमें उस प्रावधान को हटा दिया गया है जिसमें कोरोना लक्षण वाले उम्मीदवारों को पृथक वास में रहते हुए परीक्षा देने की इजाजत थी स्वास्थ्य मंत्रालय के संशोधित निर्देशों के मुताबिक सामान्य तौर पर लक्षण वाले उम्मीदवार को नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र भेजना जाना चाहिए और अन्य साधनों की मदद से परीक्षा देने का अवसर देना चाहिए अन्यथा विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान छात्र के स्वस्थ होने पर बाद की किसी तारीख पर परीक्षा लेने की व्यवस्था करें

इस बारे में आज उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा की मौजूदगी में उद्योग विभाग और सिडबी के बीच समझौता हुआ श्री मीणा ने बताया कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई एक्ट में संशोधन कर राजउद्योगमित्र के माध्यम से पंजीयन की सुविधा दी जाएगी नए एमएसएमई को सभी तरह की अनुमतियों और निरीक्षणों से तीन साल के लिए मुक्त कियाँ गया है उन्होंने बताया कि अब वन स्टॉप शॉप आने से बड़े उद्योगों की स्थापना भी आसान हो जाएगी

कोरोना संक्रमण के कारण सावधानी रखते हुए इस हमले में मारे गये लोगों को श्रद्वांजलि दी गई

इसके अलावा उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा अजमेर पाली जिले में कुछ जगह बारिश हुई है बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में आज मूसलाधार बारिश हुई वहीं बांसवाड़ा में ब्रंदाबांदी हुई है जालोर के सायला में भी आज अच्छी बारिश हुई है इस बीच मौसम विमाग ने आज दक्षिण पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना व्यक्त की है

इसमें डॉक्टरों नर्सों आशाकर्मियों सहित स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा का प्रावधान है

ये गिरोह जिले के ब्यावर और मसूदा के औद्योगिक क्षेत्रों में मीटर में विशेष उपकरण लगाकर उद्यमियों को बिजली चोरी करा रहा था निगम के प्रबंध निदेशक वी एस भाटी ने बताया कि इन औद्योगिक संस्थानों से से सवा तीन करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूल किया गया इनके संचालकों के खिलाफ प्रलिस में मुकदमे भी दर्ज कराए जाएंगे